प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए कृषि संबंधी सुधार उनके विकास के लिए लाए गए हैं उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुंचा के राजार के उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा दी है और अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वह भी उपलब्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने इरादों से साथ काम कर रही है और अब देश के किसान आत्मनिर्मर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कृषि सुधारों के बारे में विपक्ष द्वारा गलत सूचना फैलाई जा रही है उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर पहले भी कई पैकेज और योजनाओं की घोषणा की गई थी लेकिन उनका लाभ गरीब किसानों तक कभी नहीं पहुंचा प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ संदेह है वे अवश्य ही भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ भी लेंगे और अपनी आय में वृद्वि करेंगे केंद्र सरकार ने किसानों को उच्च स्तधरीय मंत्रियों की समिति के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को लिखे एक पत्र में आज तीसरे पहर तीन बजे नई दिल्ली में निर्धारित बैठक में बातचीत के लिए बूलाया है कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि पहले दौर की बातचीत में जिन किॅसान नेताओँ ने हिस्सा लिया था उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है किसानों को बातचीत का निमंत्रण गतिरोध समाप्त करने के बारे में भाजपा नेताओं और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच सलाह मशविरा किए जाने के बाद किया गया है किसान संगठन नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव दो छह प्रतिशत पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार सोलह रह गई है राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई जिनमें एक सौ सड़सठ नए संक्रमित मिले इसी के साथ राज्य में अबतक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार एक सौ इक्यावन पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ अड्डासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार एक सौ इकहतर पहुंच गई है राज्यभर में कल कोरोना से सिर्फ एक मरीज की मौत हुई और अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर नौ सौ चौंसठ पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में रांची से उनसठ पूर्वी सिंहभूम से बाइस और अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कल बोकारो जिला स्थित ललपनिया के लुगुबुरु घांटा बाड़ी घोरोम गाढ़ में आयोजित विशेष अनुष्ठान में भाग लिया उन्होंने कहा कि संतालों के इस पवित्र स्थान में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है

आज विश्व एड्स दिवस है एकवायर्ड इम्यूानों डिफिसियेंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नंत और कारगर ढंग से एचआईवी एड्स महामारी का समापन यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस के साथ रह रहे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है

खूंटी जिले की पुलिस ने भाकपा माओवादी के पांच सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार गिरफ्तार उग्रवादी कुख्यात अमित मुंडा दस्ते के साथ जिवरी जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे इसी सूचना के आधार पर खुंटी पुलिस ने पांच माओवादी सदस्यों को गिरफ्तार किया है

इन अपराधियों पर द ामफॉल के पास स्थित कुजराम पुल पर पर्यटकों से कैमरा लूटने और मारपीट का आरोप है

गोरखपुर हटिया फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अब एक जनवरी तक चलेगी

वहीं दूसरी ओर रांची भागलपुर र्स्ये ाल ट्रेन आज से चलेगी इस ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन होगा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया

जबकि राज्य सरकार द्वारा एक सौ बयासी रुपये प्रति क्विंटल बोनस निर्धारित किया गया है इस तरह दो हजार पचास रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी की जाएगी

रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला गोदाम प्रबंधक और जिला सहकारिता पदाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों के धान अधिप्राप्ति केंद्रों का कल निरीक्षण किया नामकुम ओरमांझी और सिल्ली प्रखंड का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी नामकुम सहित सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी आदि उपस्थित थे चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध रूप से कोयला उत्खनन के लिए भेजे जा रहे विस्फोटक की खेप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है एसडीपीओ वरुण रजक ने कल देर शाम मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसपी के निर्देश पर सिमरिया थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित पीरी इलाके में पुलिस सीआरपीएफ व झारखंड जगुआर के अधिकारियों व जवानों के द्वारा संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था अभियान के दौरान विस्फोटक की खेप पकड़ी गई

कोडरमा जिले की पुलिस ने ट्रैक्टर के इंजन और ट्रॉली चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है इस मामले में पुलिस ने छह अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के दो ट्रैक्टर इंजन और दो ट्रॉली भी बरामद की है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने बताया कि यह गिरोह कई वर्शों से चोरी में भाामिल था उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में ट्रैक्टर के इंजन और ट्रॉली की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की

अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने के साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में भी महत्व पूर्ण योगदान कर रहा है

भारत में मार्च अप्रैल तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है जूलाई तक पच्चीस से तीस करोड़ लोगों को टीका हर्शवर्घन भाीर्शक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से खबर प्रका ात किया है हिंदुस्तान ने लिखा है जुलाई तक तीस करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका केंद्र सरकार द्वारा बाजार में भीड़ नियंत्रित करने के लिए जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाप्रित किया है जिसका भार्शक है केंद्र ने कहा बाजारों में मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में सभा की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका भाीर्शक है नए कृशि कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहा विपक्ष प्रधानमंत्री वहीं रांची एक्सप्रेस ने लिखा है अब छल नहीं गंगा जल जैसी पवित्र नियत के साथ किया जा रहा काम मोदी किसान आंदोलन की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रका ित किया है